इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों और किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि बड़े पैमाने पर इसका निर्यात भी किया जा रहा है प्याज निर्यात केन्द्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले छह महीने से जारी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है रबी की भारी पैदावार के कारण मूल्य में कमी के अनुमान को देखते हुए किसानों के हित में यह कदम उठाया गया है कमलनाथ इन्दौर मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर में कई कार्यकमों में हिस्सा लेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे

श्री पटेल ने बताया कि उन्होंने श्री तोमर से मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्रदेश के हिस्से की लंबित राशि जारी करने का आग्रह किया है ताकि योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके

जिले की बड़ोदिया तहसील में स्थापित होने वाले इस पार्क से प्रतिदिन साढ़े चार सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी

सेमीनार सागर में स्थित जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी में आज से सेवानिवृत्त उप निरीक्षकों का तीन दिवसीय विशेष सेमीनार आयोजित किया जायेगा

सेवानिवृत उप निरीक्षकों के अनुभवों का लाभ लेने के मकसद से इस सेमीनार का आयोजन किया गया है स्मार्ट सिटी बैठक भोपाल में बनने वाली स्मार्ट सिटी के निर्माण के दौरान जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके चार गुना पौधे उस क्षेत्र में लगाए जाएंगे इन पौधों की निगरानी भी की जायेगी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कल भोपाल में स्मार्ट सिटी कार्यो की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में ग्रीन एरिया किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए श्री सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी का भी रोजगार प्रभावित नहीं हो लीज पर ली गई दुकानों को हाट बाजार में स्थान दिया जाए उन्होंने निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी एरिया में आने वाले धार्मिक स्थलों को कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए

उन्होंने कहा कि मानव के सांस्कृतिक विकास के शैल चित्र देश की अमूल्य धरोहर हैं

उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्यमान शैलचित्र कला स्थलों के विश्लेषण डाक्यूमेंटेशन संरक्षण और इन स्थलों के विकास का कार्य निरंतर जारी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक डॉ राकेश तिवारी ने अपने व्याख्यान में भारत में शैलचित्र कला अध्ययन के विकास क्रम प्रस्तुत किया उन्होंने डॉ वाकणकर के योगदान की भी सविस्तार जानकारी दी इस अवसर पर पुरातत्वविद केके मोहम्मद डॉएस बी ओटा प्रोफेसर गिरिराज कुमार प्रोफेसर आर सी अग्रवाल सहित विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं ब्लड बैंक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब निःशुल्क में रक्त उपलब्ध कराया जायेगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अभी तक सिर्फ गरीब मरीजों को निःशुल्क में रक्त दिया जाता था लेकिन यह सुविधा अब सभी श्रेणी के मरीजों को सुलभ होगी

संशोधित समय सारणी के अनुसार निजी स्कूल नई मान्यता और नवीनीकरण के लिए मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं

आज इसमें ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा

विधायक बृजेन्द्र सिंह यादव इस शिविर में विशेष रूप से शामिल होंगे